वर्ग के दूसरे दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत करवाएंगे इस दौरान वैचारिक अधिष्ठान में पार्टी की विचारधारा पर एक विशेष सत्र भी होगा भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने बताया कि वर्ग में शिमला संसदीय क्षेत्र के सभी मंत्री विधायक व पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती की मौजूदगी में कल उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने जमीन हस्तांतरण सम्बंधी पत्र पीजीआई से आई टीम को सौंपा गौरतलब है कि पिछले वर्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस अस्पताल की घोषणा की थी आयष्मान केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी आय्ष्मान भारत योजना में सिरमौर ज़िले के राजगढ़ क्षेत्र की सुषमा देवी प्रदेश की पहली लाभार्थी बनी है प्रधान सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जनआरोग्य योजना के तहत ईलाज करवा रही सुषमा देवी का राजगढ़ अस्पताल में उपचार किया गया

इस दौरान फिल्म उद्योग से जुड़ी हस्तियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा सत्र भी होंगे अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर अधिकतर समाचापत्रों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अखंड ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने सुर्खी दी है अपने स्कूल में सीएम अंकल बने शिक्षक बच्चों से सुनी कविताएं आपका फैसला ने लिखा है स्कूली जीवन जीवन का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा हिमाचल दस्तक का शीर्षक है पांच सौ बोर्ड टॉपर्स को कोचिंग के लिये मिलेंगे एक लाख अजीत समाचार ने लिखा है जयराम ने किया अखंड ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना का शुभारम्भ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विरोध पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है मंडी में अभी नहीं बना तो कभी नहीं बन पाएगा एयरपोर्ट इसी खबर पर अमर उजाला ने सुर्खी दी है सेना के सहयोग से बल्ह में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दैनिक जागरण ने लिखा है पात्रता परीक्षा में खरे नहीं उतरे गुरुजी

धर्मशाला नगर निगम चुनावों पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है नगर निगम धर्मशाला के महापौर बने देवेन्द्र जग्गी भारी ड्रामे के बीच भाजपा के ओंकार डिप्टी मेयर इसी खबर पर अमर उजाला ने शीर्षक दिया है जग्गी बने मेयर भाजपा के नैहरिया को अपने पाले में कर बनाया डिप्टी मेयर हिमाचल में सबसीडी बंद अब महंगे मिलेंगे कीटनाशक दैनिक जागरण की एक खबर है कोहरे से बनेगा पानी सिंचाई के साथ पी भी सकेंगे शीर्षक से अमर उजाला लिखता है आईआईटी मंडी ने सजावटी पौधे ड्रैगन्स लीली से ईजाद की जल संचय तकनीक इस खबर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है कोहरे से हासिल हो सकेगा पानी अमर उजाला के अनुसार सरकारी फार्म में रोप दिये सेब के साढ़े आठ हजार सूखे पौधे अगस्त महीने में पौधरोपण पर सवाल लगाने में ही खर्च दिये दो लाख रोहतांग बहाल बर्फ के दीदार को पहुंचे सैलानी शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है सुबह दस बजे खुली साईट शुरू हुई परमिट की ऑनलाईन प्रक्रिया

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर अपने सम्पादकीय घाटे की खेती में दैनिक जागरण ने लिखा है कि भले ही प्रति व्यक्ति आय में राज्य ने लम्बी छलांग लगाई हो लेकिन अन्नदाता के भाग्य में बदलाव नहीं आ पाया है

हिमाचल दस्तक ने अपने संपादकीय जनमंच होगा और सार्थक में लिखा है कि अब घोषणाओं और भाषणबाजी पर रोक के बाद समस्याओं पर ही ध्यान केन्द्रित होने से यह कार्यक्रम बेहतर होगा